केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि भारत ने अब भूख की समस्या पर पूरी तरह काबू पा लिया है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कल से हरियाणा में निर्वाचन सत्यापन कार्यक्रम शुरू किया जायेगा

सीपीआई के सांसद एम साल्वराज द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के लिखित जवाब में श्री गड़करी ने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद से सड़क द्र्घटनाओं व हादसों में कमी आई है एक अन्य प्रश्न के उतर में उन्होंने कहा कि इस नये कानून के प्रावधानों के क्रियान्यन के बाद अडतीस लाख उन्तालिस हजार चार सौ छ चालानों से पांच सौ सतहत्र करोड़ रूपये रूवरूप वसूल किये गये है ग्रामीण भारत में लगभग निन्यानवे प्रतिशत और शहरी भारत में लगभग सौ फीसदी लोगों को साल भर में दो वक्त भोजन मिलता है

उन्होंने कहा कि नदी में पानी की गुणवता में उल्लेखनीय प्रगति ह्ई है

यह जानकारी केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण डॉ हर्षवर्धन ने हरियाणा सहित अन्य राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियों कांफ्रेसिंग में दी हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों अमित झा ने बताया कि यह प्रतिरक्षण अभियान हरियाणा के सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में चलाया जायेगा तथा गहन टीकाकरण कवरेज को नब्बे फीसदी तक कवर किया जायेगा साथ ही शहरी बस्तियों तय आय वर्ग के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया जायेगा निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार प्रनरीक्षण और निर्वाचक सत्यापन हेत् कार्यक्रम जारी किया है हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अन्राग अग्रवाल ने यह जानकारी देते हये बताया कि कल हरियाणा में निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम का शुभारभ करनाल से किया जाएगा

उन्होंने बताया कि नागरिक वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से या बीएलओ के माध्यम से ईआरओ को एक भरे हए फार्म की हाई कॉपी भेजकर भी अपने निर्वाचक विवरण की जांच कर सकते है

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज भारतीय उदयोग प्रसंघ सीआईजे के उत्तरी के अध्यक्ष श्रीसमीर ग्प्ता के नेतृत्व में आये एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनसे कहा कि वे चाहते है कि हरियाणा के उदयोग स्थापित हो पर उदयोगों में हरियाण के युवाओं को रोज़गार मिले प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से रोज़गार सक्षम ऊर्जा उदयोग अर्थव्यवस्था इन्फ्राटक्चर आदि विषयों पर चर्चा की और संध दवारा उठाये जा रहे कदमों की जानकारी दी सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने आज पणजी के कला अकादीम मं इंटरएक्टिव डिजीटल प्रदर्शनी ईफकी ऐट फिफटी का उदघाटन किया इस प्रदर्शनी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिलम समारोह में लगाई गई अत्यंत हाईटेक और इंटराएक्टिव मल्टी मीडिया प्रदर्शनी माना जा रहा है उदघाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री खरे ने कहा कि फिल्म प्रेमी प्रदर्शनी का आंनद ले सकेंगे और उन्हें फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी मिलेगी उन्होंने बताया कि फिल्मे बनाने में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों की जानकारी भी यहां हेडफोन लगाकर ली जा सकती है

उन्होंने बताया कि सरकार ने संविधान राष्टीय स्तर का अभियान चलाने का निर्णय लिया है

बिजली एवं ऊर्जामंत्री रणजीत सिंह ने ऐलान किया है कि हरियाणा की शाणियों को सोलर सिस्टम से जोड़ा जायेंगा और सिरसा जिले के पांचों विधानसभाओं हलकों में इसकी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरूआत की जायेगी रानिया हलके के लिए रवाना होने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत मे ऊर्जा मंत्री ने सरकार द्वारा प्रदेश में धान खरीद मे जे फार्म व नमी के नाम पर उजागार हये घोटोले पर राइस शेलर के खिलाफ जांच की आदेश की सराहना की हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने अधिकारियो को वृदवावस्था सम्मान भता दिव्यांग और विधवा पेंशन की अदायगी समय पर करने के निर्देश दिये है चंडीगढ़ में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने दिव्यांगो को नियमान्सार दी जाने वाली सुविधाएं भी सुनिश्चित करने को कहा उन्होने कहा कि प्रदेश से नशे को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाकर लोगो को जागरूक किया जाना चाहिए एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि श्री यादव ने सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य में सैनिक और अर्धसैनिको के कल्याण के लिए उचित कदम उठाने के भी निर्देश दिये इनैलो विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया है कि गठबंधन सरकार गन्ना किसानों की अनदेखी कर रही है

उन्होंने कहा कि नारायणगढ़ चीनी मिल के पिछले पिराई सत्र की लगभग चौवालिस करोड़ रूपये की राशि किसानों को देना बकाया है जिसके बारे मिल अधिकारियों कुछ नहीं कर रहे

अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि मनू भाकर ने पहले भी इस तरह की प्रतियोगिताओ में स्वण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है हमें हरियाणा की बेटियों पर गर्व है और मनु भाकर जैसी बेटिया औरो के लिए प्ररेणास्त्रोत बनेंगी